इस हमले में कुल ग्यारह लोग मारे गए है जिसमें उनका बेटा और दो निजी सुरक्षा अधिकारी और एक चुनाव एजेंट भी शामिल है राज्य के पुलिस महानिदेशक एस बी के सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि यह घटना दोपहर करीब डेढ़ बजे उस समय हुई जब श्री अबोह चार गाड़ियों के काफिले में डिब्रगढ़ से खोंसा आ रहे थे उन्होंने बताया कि इस हमले में एक निजी सुरक्षा अधिकारी गंभीर रुप से घायल है श्री सिंह ने कहा कि यह एक सुनियोजित हमला था लेकिन यह हमला किस उग्रवादी समूह द्वारा किया गया है अभी उसकी पहचान नही हो सकी है खबरों के अनुसार इस हमले के पीछे नगा उग्रवादी संगठन का हाथ हो सकता है मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने विधायक तिरोंग अबोह सहित ग्यारह लोगों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए इसे बर्बर कृत्य करार दिया है अपने शोक संदेश में उन्होंने कहा है कि इस तरह की अमानवीय घटना स्वीकार्य नही है और घटना में लिप्त अपराधियों को सख्त सजा दी जायेगी सेना ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई शुरु कर दी है इस ऑपरेशन के लिए चांगलांग से अतिरिक्त बल भेजे गए है गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में विधायक तिरांग आबोह और उनके परिवार सहित अन्य लोगों की निर्मम हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया है एक ट्वीट में राजनाथ सिंह ने कहा कि यह पूर्वोत्तर में शांति और सामान्य स्थिति को बिगाड़ने का घिनौना प्रयास है

गृहमंत्री ने शोकसंतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की अरुणाचल प्रदेश में दो मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान हो रहा है इनमें कोलोरियांग विधानसभा क्षेत्र का नामपे और ताली विधानसभा सीट का गिम्बा मतदान केंद्र शामिल है यह दोनों निर्वाचन क्षेत्र अरुणाचल पश्चिम संसदीय क्षेत्र में आते है सीमा सड़क संगठन के अतिरिक्त महानिदेशक पी के एच सिंह ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा के साथ मुलाकात के दौरान राज्य में सीमा सड़क कार्यक्रमों पर चर्चा की राज्यपाल ने प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अच्छे सड़क संपर्क पर जोर देते हुए साल भर सड़क यातायात जारी रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा उन्होंने परियोजनाओं को सुचारु तरीके से पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाये रखने का सुझाव दिया इधर एन सी सी के पूर्वोत्तर क्षेत्र के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल बिपिन बख्सी ने आज राजभवन में राज्यपाल के साथ एन सी सी की गतिविधियों पर चर्चा की राज्यपाल के आग्रह पर उन्होंने बताया कि जून दो हजार उन्नीस से राजीव गांधी विश्वविद्यालय में एन सी सी के लिए सौ छात्रों का दाखिला किया जायेगा निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रोंग रुम के आसपास संदेहजनक ईवीएम पाये जाने की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है आयोग ने एक बयान में कहा है कि ऐसी खबरें और आरोप बेब्रनियाद हैं विशेष रुप से ये आरोप गाजीपुर चंदौली डुमरियागंज और झांसी संसदीय क्षेत्रों के संबंध में है बयान में कहा गया है कि इन सभी मामलों में ईवीएम और वीवीपैट राजनीतिक दलों के उम्मीदवरों के सामने ही सील कर दी गई है और इनकी वीडियोग्राफी भी की गई है

राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अटठाईसवीं प्रण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है उन्नीस सौ इक्यानवे में आज के ही दिन तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में आत्मधाती बम हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी

राजीव गांधी की पुण्यतिथि आतंक रोधी दिवस के रुप में भी मनाई जाती है राज्य सचिवालय ईटानगर में आज आतंकरोधी दिवस के अवसर पर मुख्यसचिव सत्यगोपाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सपथ ली केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इकतीस जुलाई को अंतिम राष्ट्रीय नागरिक पंजी एनआरसी के प्रकाशन से कानून और व्यवस्था की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी के अलावा असम में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया ने बताया कि बैठक में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की बैठक में असम में मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई असम में पिछले सप्ताह एक विस्फोट हुआ था जिसका संदेश प्रतिबंधित आतंकवादी समूह उल्फा पर है मुख्यमंत्री सोनोवाल ने एक घंटे तक चली बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि असम की मौजूदा सुरक्षा स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई बैठक में अंतिम एनआरसी के प्रकाशन के बाद संभावित स्थिति के बारे में भी चर्चा की गई